उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में तकनीक के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया गया है

उन्होंने कहा कि बाबा साहेब से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने डॉ अम्बेडकर पर किशोर मकवाने द्वारा लिखित चार पुस्तकों का विमोचन भी किया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है प्रदेशभर में अम्बेडकर जयंती पर विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं उदयपुर के कोर्ट चौराहे पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया इस मौके पर लोगों ने संविधान में दिए गए अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया भरतपुर में इस मौके पर लोगों ने बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया वहीं झुंझुनूं में पुष्पांजलि कार्यक्रम के साथ संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के मुद्दे पर आज एक अहम बैठक आयोजित हो रही है इसमें शिक्षा मंत्री शिक्षा सचिव और अन्य अधिकारी भाग ले रहे हैं केन्द्र सरकार कोविड से बचाव के लिए विदेशी टीकों के आपातकालीन उपयोग की अनुमति शीघ्र देने की प्रक्रिया में है इससे देश में टीकाकरण की गति और इसका दायरा बढाने में मदद मिलेगी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने घोषणा की है कि ऐसे विदेशी टीकों की तेजी से अनुमति देने का प्रयास किया जा रहा है जिनके आपात इस्तेमाल की अनुमति अमरीकी खाद्य और औषधि प्रशासन यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी और अन्य कई दवा नियंत्रक पहले ही दे चुके हैं

प्रदेश में लोक पर्व सिंजारा उत्सव आज मनाया जा रहा है सिंजारे पर जयपुर के मंदिरों में भी कोविड गाइड लाइन का पालन करते हुए विभिन्न आयोजन हो रहे हैं गोविंददेवजी में आज राजभोग झांकी में खीर घेवर का भोग लगाया गया

कोरोना संकमण के कारण इस बार गणगौर की सवारी नहीं निकाली जाएगी साथ ही मेले का आयोजन भी नहीं होगा प्रदेश की तीन विधानसभा सीटों सहाड़ा राजसमंद और सुजानगढ़ में होने वाले उपचुनाव के तहत प्रचार अभियान जोरों पर है

प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं